मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश शत प्रतिशत घरों में एलपीजी गैस कनैक्शन सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं को धूंए के दुष्प्रभाव से निजात मिली है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली है मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अन्य राज्यों से आए होम क्वारंटीन लोगों पर नजर रखने का आहवान भी किया ताकि कोरोना संकमण को सामुदायिक स्तर पर फैलने से रोका जा सके इस दौरान महिलाओं ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया है जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश का फार्मा उद्योग कियाशील रहा है और यहां निर्मित दवाईयां दूसरे देशों को भी निर्यात की गई हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रमों के अंतर्गत ऑनलाईन स्वयं प्रमाणन को कियाशील बनाया गया है जिससे योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन में सुविधा हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क शुरू करने का आग्रह भी किया है जयराम ठाकुर ने कहा कि आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म लघु व मध्यम इकाईयों को वित्तीय लाभ देने के लिए एक हजार दो सौ करोड़ रूपए वितरित किए गए उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे

राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि धर्मगुरू दलाई लामा शान्ति प्रेम और करूणा के प्रतीक हैं उन्होंने दलाई लामा के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दलाई लामा विश्व शांति का जीवन्त उदाहरण है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक शांति के लिए समर्पित किया है दूसरी ओर सांसद किशन कपूर ने दलाई लामा को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत करने का आग्रह किया है भारद्वाज शिक्षा व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते लोकसभा व राज्यसभा की तर्ज पर ही प्रदेश विधानसभा का सत्र तय किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौर में पूरी सजकता से कार्य कर रही है भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को शुरू किया जा चुका है और विभिन्न क्षेत्रों की बैठकें आयोजित कर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने लाहौल स्पीति जिले के काज़ा उपमंडल की दो सौ महिलाओं पर दर्ज किए गये पुलिस मामलों की आलोचना की है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे भाजपा सरकार का महिला विरोधी चेहरा उजागर हो गया है राठौर ने कहा कि अगर सरकार ने इन महिलाओं के खिलाफ मामलों को रद्द नही किया तो कांग्रेस पार्टी किसी आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगी जैनब चंदेल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने राज्य सरकार पर लोगों की समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग बंद पड़े हैं और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है जैनब चंदेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसके बावजूद सरकार ने बाहर से आने वाले पर्यटकों को हिमाचल आने की अनुमति दे दी है उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार कोरोना महामारी को लेकर कतई गंभीर नहीं है एनएचएआई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने देश में राजमार्गों की स्थिति का आकलन और रैंकिंग करने का फैसला किया है इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को उच्च स्तर की सेवा उपलब्ध कराना और आवश्यकता होने पर राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सही कदम उठाना है राजमार्गों के कार्य प्रदर्शन के आकलन की कसौटी मोटे तौर पर तीन मुख्य श्रेणियों राजमार्ग की दक्षता सुरक्षा और राजमार्गों का उपयोग करने वालों के लिए उपलब्ध सेवाएं पर आधारित होगी आकलन के परिणाम के आधार पर प्राधिकरण व्यापक विशलेषण करेगा और सेवा की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप के बारे में फैसला करेगा इसके अलावा आकलन करते समय राजमार्ग पर वाहनों की गति टोल प्लाजा पर लगने वाला समय सड़क पर बनाए गए चिन्ह और संकेत तथा दुर्घटना दर जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर भी विचार किया जाएगा इन मापदंडों के आधार पर प्रत्येक गलियारे को अंक दिए जाएंगे

गरीब कल्याण योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों व जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रदेश में भी इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है सोलन जिले में योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने पर लोग बेहद खुश हैं वहीं किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो दो हजार रूपए की अग्रिम सहायता राशि मिलने पर भी किसान लाभान्वित हुए हैं लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है

राजगढ़ के डीएसपी भीषम ठाकुर ने बताया है कि ये गाड़ी सोलन से ठियोग जा रही थी उन्होंने कहा कि मृतकों में ठियोग तहसील के बझाशडा के दो सगे भाई राकेश व राजेश शामिल है जबकि एक अन्य की हरिवल्लभ शर्मा के रूप में पहचान की गई है